विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शिमला ज़िले के ठियोग जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर चंबा ज़िला के पांगी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अर्की के बथालंग में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल स्पिति के काजा पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर मंडी के पधर उद्योग मंत्री बिकम सिंह ऊना के हरोली स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल किन्नौर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सिरमौर जिला के रेणुका वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के बैजनाथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग हमीरपुर के बड़सर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज कुल्लू और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाक्र आज तथा कल हमीरपुर जिले के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान कई उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे अनुराग सिंह ठाकुर आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री कल हमीरपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे उसके बाद वे नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में शूटिंग रेंज और अमतर में नादौन बेला सड़क का उदघाटन करेंगे

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने के दृष्टिगत प्रशासन ने विशेष जांच अभियान के तहत कोरोना के लिए नियमित जांच की गई थी

जिला प्रशासन ने स्कूल में पर्याप्त इंतजामों को देखते हुए इन विद्यार्थियों को आइसोलेट कर दिया है स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी निगरानी कर रही है जरूरत के अनुसार कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर या अस्पताल स्थानांतरित किया जाएगा

ज्वालामुखी व देहरा में विभिन्न सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण करते हुए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि तटीकरण कार्य के लिए मंजूरी मिल चुकी है और शीघ्र ही इसका शिलान्यास किया जाएगा ताकि बरसात के दौरान लोगों को बाढ़ से नुकसान न हो ज़िला किन्नौर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने वैज्ञानिकों से आहवान किया है कि वे अनुसंधान को खेतों तक पहंचाने की पहल करें ताकि बागवान और कृषक लाभान्वित हो सके वे कल डॉक्टर वाई एसपरमार क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केन्द्र शारबो के दौरे के दौरान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों को वास्तव में लाभ पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों के अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचना होगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है नड्डा की जयराम को सलाह संगठन सरकार में बनाएं तालमेल आपका फैसला की सुर्खी है सीएम ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों पर लगाया विराम हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बोर्ड निगमों में नियुक्तियों पर नड़डा से मिले जयराम

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं स्कूलों में कोरोना का बड़ा हमला हिमाचल दस्तक के अनुसार मंडी के तिब्बतियन चिल्ड्रन विलेज स्कूल में कोरोना विस्फोट

दैनिक जागरण लिखता है दस निजी विश्वविद्यालय के कुलपति अयोग्य करार

छात्रवृति घोटाले से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है छात्रवृति घोटाले में सीबीआई ने सिरमौर में दी दबिश अमर उजाला की एक खबर है जेबीटी ही पढ़ाएंगे पहली से पांचवी कक्षा बीएड पात्र नहीं